ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने किसानों से की अच्छी नस्ल के पशु पालने की अपील

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस परिसर का निर्माण कार्य दो वर्ष में पूरा किया जाएगा और विद्यार्थियों को विश्व स्तर की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य में छः सरकारी मैडिकल कॉलेजों के अलावा एक निजी मैडिकल कॉलेज कार्यशील है जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश का संतुलित विकास करना है और विकास की दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

उन्होंने कहा कि नाहन मैडिकल कॉलेज के नए परिसर से लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और सांसद वीरेंद्र कश्यप ने भी अपने विचार व्यक्त किए अभिनंदन इससे पहले प्रदेश गैर राजपत्रित अधिकारी संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ है और सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में इनकी अहम भूमिका रहती है

मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए सरकार और कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करने पर भी बल दिया इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितैषी है और उन्हें अनेक वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किसानों से अच्छी नस्ल के पशु पालने की अपील की है ताकि उनकी आर्थिकी मज़बूत हो सके वे आज ऊना ज़िले के सूमर में आयोजित पशुपालन जागरूकता कार्यक्षता की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों और पशु पालकों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं इस बीच वीरेन्द्र कंवर आज कन्या महाविद्यालय कोटला रवुर्द में हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति व जन कल्याण परिषद के राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में हिमोत्कर्ष संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की

राजीव सैजल सोलन जिला शिकायत निवारण समिति की पहली बैठक आज सोलन में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल की अध्यक्षता में हुई इस दौरान स्वास्थ्य बिजली पानी और सड़कों सहित क्षेत्र के अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई राजीव सैजल ने कहा कि लोगों की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया जनमंच कार्यक्रम सफल साबित हो रहा है उन्होंने कहा कि जनता और सरकार के बीच सीधा सामंजस्य बनाया जा रहा है ताकि अधिकारी जनता की समस्याओं का तुरंत निपटारा करे राजीव सैजल ने संबंधित अधिकारियों को आम जनता की सभी समस्याओं के निश्चित समय अवधि में निपटारे के निर्देश भी दिए

उन्होंने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति और संबंधित अधिकारियों से जनहित में क्षेत्रीय कंटेंट की उपलब्धता को बढ़ावा देने की बात कही है अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार क्षेत्रीय चैनलों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है

बैंक के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने कुल्लू में आज कुल्लू व बंजार अंचलों के बैंकों की प्रगति के अनुश्रवण के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के हितों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों की मेहनत से ही बैंक आगे बढ़ रहा है

उन्होंने कहा कि बैंक अगले वर्ष एक सौ साल पूरे कर रहा है और इस उपलक्ष्य में बैंक ने ग्राहकों को वाहनों और गैर कृषि क्षेत्र में ऋण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है राजीव भारद्वाज ने बैंक अधिकारियों को अटल पैंशन योजना मुद्रा ऋण और जनधन जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए

धूमल ने इन सभी का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चुराह विधानसभा क्षेत्र के बर्फबारी व वर्षा से प्रभावित संधी मानी और झूलड़ा सहित अन्य इलाकों का दौरा किया और नुक्सान का जायजा लिया इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए इस दौरान चम्बा की एसडीएम दीप्ति मल्होत्रा और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी विधानसभा उपाध्यक्ष के साथ मौजूद रहे

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली हालांकि राज्य के जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर में बीते दिनों हुई बर्फबारी से अभी भी सामान्य जनजीवन प्रभावित है

जिला उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया है कि पंजाब रेजिमेंट के समदू बार्डर के क्छ जवान भी आज खोज अभियान में शामिल किए गए हैं इस बीच मौसम विभाग ने दो और तीन मार्च को राज्य के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है ज्ञापन लाहौल स्पीति जिला कांग्रेस कमेटी ने जिले में हेलिकॉप्टर उड़ाने नियमित न होने के विरोध में आज उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ज्ञलसन ठाकुर ने कहा है कि पिछले काफी दिनों से सभी मुख्य सड़कें अवरूद्व होने और संचार व्यवस्था ठप्प रहने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि प्रस्तावित उड़ानों में फेरबदल से लोगों खासकर मरीजों को भारी परेशानी हो रही है वहीं जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि किरण ने भी सरकार पर जनजातीय क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया है इस बीच लोसर से ज़िला परिषद सदस्य पूनम ने लोसर के लिए जल्द हैलीकॉप्टर उड़ान करवाने और बर्फबारी से बंद पड़े लोसर काजा मार्ग को बहाल करने का सरकार से आग्रह किया है स्थानीय लोगों ने सटींगरी तिंदी टिंगरिट के लिए प्रस्तावित हैलीकॉप्टर उड़ानें न होने पर भी रोष जताया है लोसर में तीन गर्भवती महिलाओं सहित स्कूली बच्चे पिछले एक सप्ताह से उड़ान के इंतज़ार में हैं

चंबा में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा ताकि पार्टी चारों लोकसभा सीटों पर जीत के लक्ष्य को हासिल कर सके इस मौके पर पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे